शहीद संजय कुमार सिन्हा का पार्थिव शरीर दोपहर बारह बजे तक पहुंचने की संभावना

पुलवामा आतंकी हमले में शहीद भागलपुर जिले के अमडंडा थाने के रतनपुर गांव निवासी रतन कुमार ठाकुर का पार्थिव शरीर पटना पहुंच गया है वहीं पटना के मसौढ़ी थाने के तारेगना मठ निवासी हेड कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा का पार्थिव शरीर दोपहर बारह बजे तक पटना पहुंचेगा पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीदों को श्रद्वाजंलि देंगे इसके बाद दोनों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास ले जाया जायेगा जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर रतन कुमार ठाकुर की अंत्येष्टि में शामिल होंगे इधर कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और रामकृपाल यादव ने संजय कुमार सिन्हा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी राज्य सरकार शहीद जवानों के परिजनों को ग्यारह ग्यारह लाख रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हमले में मुजफ्फरपुर के तुर्की बरक्रवा निवासी निरंजन कुमार राम भी गंभीर रूप से घायल हो गये हैं वे सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन पैंतीस में कांस्टेबल पद पर जम्मू में तैनात हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल बरौनी से पटना मेट्रो और पटना के घरों में पाईप के जरिये रसोई गैस पहुंचाने की योजना सहित तैंतीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे श्री मोदी बरौनी रिफाइनरी की क्षमता विस्तार परियोजना एटीएफ हाइड्रोट्रिटिंग यूनिट और अमोनिया यूरिया उर्वरक कॉम्प्लेक्स का भी शुभारंभ करेंगे इसके साथ ही पटना में निर्मल गंगा योजना के तहत कई सिवरेज योजनाओं की प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे साथ ही बाईस अमृत परियोजनाओं और सारण में मेडिकल कॉलेज की स्थापना तथा भागलपुर और गया के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन कार्य का भी शुभारंभ होगा इसके साथ ही प्रधानमंत्री जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाईपलाइन पटना में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पटना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे श्री मोदी रांची पटना साप्ताहिक एसी ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं बरौनी के उलाओ एयरपोर्ट पर सभास्थल को अंतिम रूप दिया जा रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिये आधार कार्ड और पैन को लिंक कराना अनिवार्य है यह प्रक्रिया हर हाल में इकतीस मार्च तक पूरी कर लेनी होगी राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी में सात रूपये से लेकर बारह रूपये की रोजाना वृद्धि की है नये दरें एक अप्रैल से प्रभावी हो जायेंगी श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने ये जानकारी दी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत अगले पांच साल में असंगठित क्षेत्र के लगभग दस करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा श्री गंगवार पटना में भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे

विधान सभा में लेखानुदान विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुये श्री मोदी ने बताया कि विधवा और दिव्यांग को मिलाकर यह संख्या एक करोड़ पचपन लाख हो जायेगी बीएसएनएल प्रदेश के चालीस शहरों में जल्द ही फोर जी सेवा की शुरूआत करेगा बीएसएनएल के सीजीएम जीएस श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि थ्री जी के टावर में फ्रिक्वेंसी को बढ़ाकर यह सेवा उपलब्ध करायी जायेगी श्री श्रीवास्तव ने बीएसएनएल के बंद होने की खबरों को पूरी तरह अफवाह बताया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी हल्की बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार विक्षोभ के प्रभाव से चक्रवात का क्षेत्र बन गया है जिससे पिछले चौबीस घंटों से हल्की ब्रंदाबांदी हो रही है विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है रेलवे सुरक्षा बल में जल्द ही दस हजार जवानों की नियुक्ति होगी

शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि सर्वोच्चय न्यायालय में समान काम के बदले समान वेतन के मामले में फैसला आने के बाद कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित नियुक्ति की जायेगी विधान परिषद में एक ध्यानाकर्षण के जवाब में श्री वर्मा ने ये जानकारी दी

राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने उनचास नये औद्योगिक प्रस्ताव को पहले चरण को मंजूरी दी दी है इससे राज्य में लगभग पांच सौ तीस करोड़ रूपये का निवेश होगा पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि दारोगा बहाली में उम्रसीमा की छूट नहीं दी जायेगी मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रसाद शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने इस मामले में एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया पीठ ने कहा कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित हो च्रकी है ऐसे में उम्रसीमा में छूट देने के कानून को लागू नहीं किया जा सकता है रोहतास जिले के कोचस और वैशाली जिले के महुआ नगर पंचायत के वार्ड सदस्यों के निर्वाचन के लिये सत्रह मार्च को मतदान होगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है इन दोनों ही पंचायतों का कार्यकाल बीस अप्रैल को समाप्त हो रहा है प्रदेश में स्वाईन फ्लू के तीन नये मरीजों की पुष्टि हुयी है पटना सिटी के आरएमआरआई में पटना सीतामढ़ी और गोपालगंज के एक एक मरीजों में स्वाईन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है अब तक नौ मरीजों में स्वाईन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है औरंगाबाद जिले के कुटुंबा स्थित देशपुर मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से चार बच्चे बीमार हो गये

हिन्दुस्तान लिखता है आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ मोदी वोले सेना वक्त स्थान और कार्रवाई का तरीका चुने दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है प्रधानमंत्री की खुली छूट पुलवामा हमले के बाद तीनों सेना प्रमुखों संग बैठक कर संभाला मोर्चा आज की सुर्खी है भारत ने पाकिस्तान से छिना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दैनिक भास्कर लिखता है जवानों की शहादत बेकार नहीं जायेगी देश करारा जवाब जरूर देगा नीतीश प्रभात खबर की सुर्खी है न्यूनतम मजदूरी में सात से बारह रूपये की वृद्धि

शहीद संजय कुमार सिन्हा का पार्थिव शरीर दोपहर बारह बजे तक पहुंचने की संभावना